मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं

प्रदेश में आज से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन काविषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की भूमिका पूर्व शिक्षा नीति उन्नीस सौ छियासी के चौतीस वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की घोषणा की गई है इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केन्द्र बनाना है इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्व विद्यालयों के क्लपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षानीति दो हजार बीस संस्कृत भाषा के सन्दर्भ में परिचर्चा विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत वस्तुतः हमारी संस्कृति का मेरूदंड है जिसने हमारी सहस्त्रों वर्षो से अनुठी भारतीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसका संवर्द्वन और पोषण भी किया है उन्होंने कहा कि यह भाषा हमारी वैचारिक परम्परा जीवनदर्शन मूल्यों और सूक्ष्म चिंतन की वाहिनी है उन्होंने कहा कि नई शिक्षानीति दो हजार बीस देश को इक्कीसवीं सदी की च्नौतियों के लिहाज से कौशल सम्पन्न बनाने पर केन्द्रित है केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सुजित करने से संबंधित है इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं उसी कड़ी में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई है श्री योगी कल केन्द्रीय नागरिक उड़डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी के साथ कृशीनगर में इस एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पच्चीस वर्षो से क्शीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग चल रह थी जो अब पूरी हो रही है गौरतलब है कि यहां नवम्बर के अंतिम सप्ताह में उड़ान श्रू करने की तैयारी है एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है श्री योगी ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू हो जाने से इस पूरे अंचल का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबार में सुगमता रैकिंग में राज्य के दूसरा स्थान हासिल करने पर निवेशकों उद्यमियों और आम लोगों को बधाई दी है उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राज्य सरकार ने रैंकिंग में सुधार के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शन से स्पष्ट है कि उद्यमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू सुधारों से लाभान्वित हो रहे हैं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से अनुशंसित एक सौ सत्तासी सुझावों में से एक सौ छियासी सुझाव लागू किए गए हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एकल व्यवस्था निवेश मित्र लागू होने से निवेशकों के आवेदनों को निपटाने में मदद मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हआ है प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मण्डल में चालिस वर्षो से मासुम बच्चे इंसेफेलाइटिस का शिकार हो रहे थे स्वच्छता अभियान से इस पर भी कारगर अंक्श लगा है इसेफेलाइटिस से मौतों की संख्या निन्यानबे प्रतिशत कम हुयी है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की श्रद्वांजलि सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि सन् दो हजार सत्रह से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुयी जिसके बेहतर परिणाम सामने आये हैं मुख्यमंत्री ने सभी से अभियान से जुड़ने की अपील की प्रदेश में आज से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू हो गयी हैं कोविड नाइन्टीन संकमण के मद्देनजर मेट्रो सेवा को विगत मार्च माह में बन्द कर दिया गया था यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखना होगा तथा मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि मेट्रो रेल सेवाएं पूरी क्षमता से चलेंगी एक रिपोर्ट यात्रियों के लिए टोकन और स्मार्टकार्ड दोनों की सुविधा मौजूद रहेगी देश में और मेट्रो के सफर में पहली बार लखनऊ मेट्रोसुरक्षा के महेनजर यात्रियों को दिये जाने वाले टोकन को अल्ट्रा वायलेट तरंगों सेसैनिटाइज करेगी समी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों टिकट वेंडिंगमशीनों और सुरक्षा जांच केन्द्रों पर सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निशान बनायेगये हैं ताकि यात्रियों में पर्यात फासला बना रहे ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीचदूरी बनी रहे

ट्रेनेंहर स्टॉप पर रुकंगे और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा अगर कोई यात्रीमास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मास्क का इंतजाम रहेगा सामान्य तौर पर हर मेट्रोस्टेशन के सिर्फ दो गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास के लिए अलग गेट नहीं होंगे हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा और हर यात्री कातापमान जांच जायेगा सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचारलखनऊ बच्चों और महिलाओं में क्पोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषणमाह मनाया जा रहा है पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ सुनिश्चितकरने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहाहै कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है जो वर्ष दो हजार अट्ठारह में शुरू किया गया था देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म को प्रोत्साहित कर रहा है पिछले माह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था प्रधानमंत्री ने अधिकतम संभावनाओं का इस्तेमाल करने में बच्चों और छात्रों के पोषण की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने कहा था कि पिछले क्छ वर्षो में गांवों में पोषण सप्ताह और पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता को जनआंदोलन बनाने के लिए प्रयास किये गये हैं न्यूट्रीशियनके इस आंदोलन में पीपल पार्टीसिपेशन भी बहुत जरूरी है

पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए खासकर हमारे गांवोंमें इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है पोषण सप्ताह हो पोषण माह हो इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जागरुकतापैदा की जा रही है प्रदेश मे पिछले छत्तीस घंटों के दौरान छह हजार सात सौ सतहत्तर मामले मिलने के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या इकसठ हजार छह सौ पच्चीस हो गई है इनमें से बतीस हजार चौरान्नबे मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक एक लाख तेईस हजार आठ सौ दो मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना जिनमें से इक्यान्नबे हजार सात सौ आठ मरीजों की होम आइसोलेशन अवधि समाप्त हो चुकी है अब तक क्ल पैसठ लाख नौ सौ उनहत्तर नमूनों की प्रदेश में जांच की गई है अब तक दो लाख सात सौ अड़तीस कोरोना रोगी ठीक हो गये हैं देश में पिछले छत्तीस घंटों में कोविड से तिहत्तर हजार छह सौ चालीस रोगी स्वस्थ हुए हैं एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग बत्तीस लाख हो चुकी है मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव तीन दो प्रतिशत है इस समय देश में आठ लाख बासठ हजार तीन सौ बीस लोगों का उपचार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार पैसठ लोगों की मृत्यू होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या सत्तर हजार छह सौ छब्बीस हो गई है